राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मंकर संक्रांति की दी श्रभ कामनाएं

भारत ने आज बंगलादश के साथ आकाशवाणी और बांग्लादेश बेतार के बीच कार्यक्रमों के आदान प्रदान से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये

दोनों मंत्रियों ने बंगबंध् शेख मजीबुर्रहमान की जीवनी और क्रियाकलापों पर आधारित फिल्म संयुक्त रूप से बनाने पर विचार विमर्श किया

इस अवसर पर श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारत और बंगलादेश ब्रनियादी तौर पर मित्र हैं और दोनों की साझा विरासत है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और बांग्लादेश बेतार के बीच समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के कार्यक्रमों को एक नया आयाम मिलेगा केन्द्रीय पश्पालन डेयरी और मस्त्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने वैज्ञानिकों से पशुपालन को एक उपयोगी व्यवसाय के रूप में दिशा देने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि गांव के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है श्री सिंह आज मथुरा में दीन दयाल वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश का विकास गांव के विकास पर निर्भर है और गांव का विकास किसान के विकास पर निर्भर है किसान का विकास तभी होगा जब उसकी खेती में लागत कम आयेगी

केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण के लिये पशुपालन को एक उपयोगी व्यवसाय का रूप देने की आवश्यकता बताई

उन्होंने वैज्ञानिकों से गाय के गोबर और गौमूत्र से किसानों की आय बढ़ाने के लिये अनुसंधान करने का आहवान किया श्री सिंह ने कहा कि इंटीग्रेटर फार्मिंग भी किसान की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आंदोलन जारी रखना उचित नहीं है क्योंकि छात्रावास की फीस वृद्धि जैसे उनके मुख्य मामले सुलझा लिए गए हैं कई दौर की बातचीत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन न बयान जारी कर कहा है कि विद्यार्थियों से सेवा और उपभोग शुल्क देने को भी नहीं कहा जा रहा है जो उनकी मूख्य मांग थी इस बीच शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है मंत्रालय ने बातचीत के माध्यम से विश्वविद्यालय में सामान्य कामकाज फिर शुरू करने और विवादास्पद मुद्दों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कल विद्यार्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्हाट्स एप और गूगल से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा से संबंधित सूचनाएं दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा है

न्यायमूर्ति बूजेश सेठी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी निर्देश दिया कि वह विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए न्यायालय ने ये आदेश जेएनयू के प्रो अमित परमेश्वरन अतुल सूद और शुक्ल विनायक सावंत की उस याचिका की सुनवाई करते हुए दी जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को इस बारे में निर्देश देने का अनुरोध किया गया था

भीड़ ने हॉस्टल में रहने वालों की पिटाई की और खिड़कियां दरवाजे फर्नीचर और निजो सामान को नुकसान पहुंचाया इस घटना के सिलसिले में वसंतकुंज पुलिस थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं हिन्दी फीचर फिल्म तानाजी द अनसंग वारियर को राज्य सरकार ने प्रदेश में राज्य माल और सेवाकर एसजी एसटी से मृक्त करने का निर्णय लिया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के साहसिक और समर्पित सेनापति तानाजी मालूसरे की वीरगाथा पर आधारित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को कर मुक्त घोषित करते हुए कहा कि इससे लोग तानाजी मालुसरे की वीरता और उनके त्यागपूर्ण जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे

देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्योहार मनाया जाता है यह त्यौहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है इस अवसर पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद तिल खिचड़ी और मुद्रा दान करते हैं प्रदेश में यह त्यौहार कल मनाया जायेगा लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी मकर संक्रांति मनाये जाने के समाचार है चित्रकूट में हजारों लोगो न मंदाकिनी मे ंपवित्र डुबकी लगाई प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने का अनुमान है बड़ी संख्या में श्रद्वालु यहां आज से ही पहुंचना शुरू हो गये है प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों को अपनी शुभ कामनाएं प्रेषित की है प्रदेश में पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है वहीं पिछले दिनों हुई बरसात से कही कही खेतों में पानी भर जाने से फसले खराब हो गई है कई जनपदों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री के आसपास दर्ज किया गया वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफी कम अंतर रहने के कारण दिन में भी ठंड का प्रकोप महसूस किया जा रहा है पीलीभीत जनपद में ठंड का असर बाघों की गणना पर पड़ा है सर्दी के कारण बाघ अपने स्थानों से बाहर कम आ रहे हैं जिसके कारण प्रथम चरण की गणना का कार्य भी समय से पूरा नहीं हो पा रहा है हमीरपूर जनपद में रूक रूक कर धीमी वर्षा के कारण ठंड और बढ़ गई है जिसके कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर है

मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना व्यक्त की है वहीं गुरूवार को कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है इसके अलावा सुबह शाम घना कोहरा होने की संभावना व्यक्त की है

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि गंगा यात्रा को सफल बनाने की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाये उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार तरल और ठोस अपशिष्ट गंगा में न गिरने दिया जाये

श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण की डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को भेजने के लिये कहा दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म मामलों में दो आरोपियों मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया इसके साथ ही इस मामले में चारों मुजरिमों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है

कार्यक्रम की शुरूआत मध्य कमान स्थित युद्ध स्मारक पर श्रद्धाजंलि समारोह के साथ हुई

इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुमन ने सभी मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया माइकल देबब्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है पिछले साल जून में विरल वी आचार्य के त्यागपत्र के बाद से यह पद खाली पड़ा था